पश्चिम चम्पारण जिले की चनपटिया सीट पर सबसे अधिक तिरसठ दशमलव छह दो प्रतिशत मतदान

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज करेंगे कई चुनावी रैलियों को संबोधित

अब तक दो लाख दस हजार आठ सौ पचपन लोग हो चुके हैं स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वर्ष दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चुनाव की तुलना में एक दशमलव सात तीन प्रतिशत कम मतदान दर्ज किया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सुदूर क्षेत्रों से मतदान के अंतिम आंकड़े मिलने के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है

वहीं सबसे कम चौंतीस दशमलव पांच प्रतिशत वोटिंग पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में हुई जिलावार दृष्टि से सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में लगभग साठ प्रतिशत मतदान हुआ जबकि पटना में सबसे कम अड़तालीस दशमलव दो तीन प्रतिशत वोटिंग हुई इसी तरह पश्चिम चम्पारण जिले में उनसठ दशमलव छह नौ प्रतिशत पूर्वी चम्पारण में छप्पन दशमलव सात पांच शिवहर में छप्पन दशमलव शून्य चार सीतामढ़ी में संतावन दशमलव चार और मधूबनी में चौवन दशमलव छह चार प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया दरभंगा में चौवन दशमलव एक पांच गोपालगंज में पचपन दशमलव शून्य नौ सीवान में इक्यावन दशमलव आठ आठ सारण में चौवन दशमलव एक पांच वैशाली में चौवन दशमलव पांच दो समस्तीपुर में छप्पन दशमलव शुन्य दो बेगूसराय में अंठावन दशमलव आठ दो खगड़िया में छप्पन दशमलव एक भागलपुर में चौवन दशमलव आठ पांच और नालंदा में इक्यावन दशमलव शून्य छह प्रतिशत मतदान हुआ है कल जिन चौरानवे विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें से आठ नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं लेकिन अब तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है द्रसरे चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि दस नवम्बर को एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है उन्होंने इस चरण में लगभग सभी सीटों पर जीत का दावा किया है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पहले चरण में दो तिहाई सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है वहीं महागठबंधन के प्रमुख घटक राजद और कांग्रेस ने कहा है कि पहले चरण में पैंसठ सीटों पर जीत मिल रही है लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि दूसरे चरण में भी उनके उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त जनसमर्थन दिखा है दूसरे चरण में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चार सौ बीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि इनमें कोविड दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में तिरसठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है वहीं सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट करने के मामले में छह मद्य निषेद्य के उल्लंघन के मामले में छह और अन्य अधिनियमों के तहत उनहत्तर मामले दर्ज किये गये हैं इसी तरह बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाकर प्रचार करने के मामले में पच्चीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इसी क्रम में एक सौ तिहत्तर ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है शिवहर विधानसभा क्षेत्र के महुआवा गांव में जदयू प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि लगभग बारह लोग घायल हो गये हैं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है पूर्वी चम्पारण जिले के कोटवा में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे एसएसबी के जवान शैलेश कुमार सिंह की सड़क द्र्घटना में मौत हो गयी सीवान जिले के वसंतपुर थाना क्षेत्र के कुमकुमपुर गांव में अपने रिश्तेदार के साथ मतदान करने गयी एक युवती की अपराधियों ने हत्या कर दी तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में है

तीसरे चरण में सात नवम्बर को पन्द्रह जिलों के अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिए भी सात नवम्बर को ही मतदान होगा इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आज भी राजनीतिक दलों के नेताओं का व्यस्त कार्यक्रम है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा आज पूर्वी चम्पारण और दरभंगा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे श्री नड्डा का रोड शो करने का भी कार्यक्रम है वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह धमदाहा प्राणपुर कोढ़ा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार मधुबनी और सहरसा जिले में चार च्नावी सभाओं को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किशनगंज अररिया और सहरसा जिले में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में छह सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहारीगंज और अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव का कटिहार और सहरसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कटिहार समस्तीपुर पूर्णियां और मधेपुरा में आठ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी सभाओं में कहा कि प्रदेशवासी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग पहले के जंगलराज से भलीभांति परिचित हैं

सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास विहार में जंगल राज का है सतर्क उन लोगों से जो बिहार के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं सतर्क उन लोगों से जिन्हें बिहार की मान मार्यादा बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है

वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में पढ़ाई दवाई कमाई और हर खेत को सिंचाई का वादा किया इस बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि दस नवम्बर के बाद नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बिहार में अगले वर्ष तक हर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी श्री शेखावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस दिशा में बिहार में तेजी से काम चल रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव तीन प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख दस हजार आठ सौ पचपन लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अभी सात हजार है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में एक हजार एक सौ आठ लोगों की मौत हुई है भागलपुर जिले में पुलिस की पिटाई से कथित रूप से एक युवक की मौत के मामले में बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के मणीग्राम स्थित घर की कुर्की जब्ती की गयी है आरोपी दारोगा इस मामले में फरार चल रहा है मुंगेर में पुलिस की गोली से कथित रूप से एक युवक की हुई मौत के मामले में एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है इस सिलसिले में कल एफएसएल की टीम ने मुंगेर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाये वहीं इस मामले में अब तक छह पुलिसकर्मियों समेत एक सौ पचास नामजद आरोपियों के खिलाफ सोलह प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के इटवा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने हथियार के बल पर नौ लाख रूपये लूट लिये पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने दूसरे चरण के मतदान और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है गांवों के मतदाताओं ने दिखाया दम चौवन दशमलव चार चार फीसदी वोटिंग दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना शहर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में अब तक की सबसे कम वोटिंग दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी रैली से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है कुछ लोगों को माँ भारती के जयकारे पर भी एतराज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है प्रंजीपतियों के हाथ में देश आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मतदान के विभिन्न पक्षों को सचित्र प्रकाशित किया है

पश्चिम चम्पारण जिले की चनपटिया सीट पर सबसे अधिक तिरसठ दशमलव छह दो प्रतिशत मतदान

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज करेंगे कई चुनावी रैलियों को संबोधित

अब तक दो लाख दस हजार आठ सौ पचपन लोग हो चुके हैं स्वस्थ